सरकार गांधी जयन्ती पर देशभर में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करेगी जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनूठा अभ्यास है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का एक अभिनव अभ्यास बताया

एक बार इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की पहल की है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग अगले महीने की दो तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से मुक्ति पाने के अभियान में बड़ी संख्या में शामिल होंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से तम्बाकू छोड़ने की भी अपील की और कहा कि उन्हें ई सिगरेट के छलावे में नहीं आना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ई सिगरेट में अनेक हानिकारक रसायन होते हैं जिनका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है

प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही आज से त्यौहारों का मौसम शुरू हो गया है उन्होंने लोगों से इस मौसम में उदारता बरतते हुए उन वस्तुओं का दान करने का अनुरोध किया जिसे वे उपयोग में नहीं ले रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की वस्तुओं को गरीबों और वंचित लोगों के साथ साझा करने की जरूरत है श्री मोदी ने तनावमुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलूओं के बारे में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से उनके अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया अपने संबोधन में श्री मोदी ने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ हई अपनी बातचीत को भी साझा किया और कहा कि वे भारत की प्रगति को लेकर काफी उत्सुक और तत्पर हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में सत्रह करोड़ रूपये से अधिक की चौदह परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सत्तर वर्षो तक जो कार्य नहीं हो पाया था उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाया है

इससे पूर्व वाराणसी में आज मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये बनाये गये आरोग्यधाम चिकित्सालय का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ने वाले बेल पत्र एवं पुष्प से धूप अगरबत्ती और इत्र बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि इस कार्य से महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार मिलेगा

सरकार ने सातवीं बार यह समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा उपचुनाव के लिये दस सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं योगी सरकार में मत्री रहीं रीता बहुगुणा जोशी के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से सुरेश तिवारी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं घोसी से विधायक रहे फागू चौहान के बिहार का राज्यपाल बनने के बाद रिक्त हुई इस सीट से विजय राजभर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अन्य घोषित उम्मीदवारों में अम्बेडकर नगर की जलालपर सीट से राजेश सिंह कानपुर के गोविन्द नगर से सुरेन्द्र मैथानी बाराबंकी की जैदपुर सुरक्षित सीट से अम्बरीश रावत बांदा के मानिकपुर से आंनद शुक्ला अलीगढ़ की इगलास सुरक्षित सीट से राजकुमार सहयोगी रामपुर सदर से भारत भूषण गुप्ता बलहा सुरक्षित सीट से सरोज सोनकर और सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट से कीरत सिंह शामिल हैं प्रदेश की ग्यारह सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने प्रतापगढ़ से अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है

शक्ति की देवी मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो गया है नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने आज घरों में कलश स्थापित कर मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की इस अवसर पर प्रदेश के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है प्रसिद्ध शक्तिपीठों मे से एक मिर्जापुर के मां विध्यवासिनी देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र मेला प्रारम्भ हो गया है विन्ध्याचल से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट माँ विंध्यवासिनी की जय जयकारो के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विँध्याचल मे शारदीय नवरात्र मेला प्रारम्भ हो चुका है भोर मे जैसे मंदिर के कपाट खुले समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारे से गूँज उठी कल देर रात्रि से ही श्रधालुओं के धाम मे पहुँचने का सिलसिला अभी भी जारी है श्रधालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे है लोग माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन कर माँ अष्टभूजा माँ काली व माँ तारा देवी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे है नवरात्र भर दर्शनार्थियों के लिये मंदिर बीस घंटे खुला रहेगा उधर हलिया के गड़बड़ा धाम स्थित शीतला मंदिर पर भी श्रधालुओं की भारी भीड़ इकठ्ठा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दी हैं अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व लोगों में नई ऊर्जा व उत्साह का संचार करेगा